उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है ऐसे में नई शिक्षा नीति से ग्लोबल एज्यूकेशन को बढ़ावा मिलेगा प्रधानमंत्री आज नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे

केन्द्रीय शिक्षामंत्री रर्मेश पोखरियाल केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे देश के जाने माने शिक्षाविद् और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन यानी किसान रेल आज से शुरू हो गई है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो सम्पर्क के माध्यम से रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि यह रेल जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों को समय पर बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाकर किसानों और उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुंचाएगी

किसान रेल फल और सब्जियों की ढुलाई करेगी यह रेल सामान की उतराई और लदाई के लिए विभिन्न स्टेशनों पर रूकेगी

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया जा रहा है इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय की ओर वर्चुअल तरीके से समारोह का आयोजन किया जा रहा है

उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने यह जानकारी देते हए बताया कि इसकी प्रक्रिया शुरु करने के लिए रीको की पत्रावली पर आदेश जारी कर दिए गए हैं

उन्होंने बताया कि पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्यता और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है

मौसम विभाग ने आज जयपुर और उदयपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है इसके अलावा नागौर अजमेर जालौर सिरोही और बांरा जिलों के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है इस बीच उदयपुर में आज सुबह एक घंटे तक तेज गर्जना के साथ बारिश का दौर चला

इस बारिश से फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है

और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील श्रोताओं कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें